सागर के बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक करोना मरीज की रिपोर्ट पाजीटिव आई है डीन डॉ जीएस पटेल ने बताया कि ये जिले में करोना का पहला मामला है

बालाघाट में पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आज जिला चिकित्सालय में डाक्टरों के साथ बैठक के दौरान कोरोना संकमण से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की आगरमालवा जिले के कलेक्टर ने सात दिवसों में अन्य जिलों से आने या आकर निवास करने वालों की जानकारी देने वालों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करने की घोषणा की है

मुरैना में लॉकडाउन के दौरान पेंशन राशि निकालने के दौरान पुलिस द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है उधर अशोकनगर में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए कोरोना मैनेजर अशोकनगर नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन एप तैयार किया गया है मंडला में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये हैं उमरिया के बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में कमिश्नर ने बाघ एवं अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति सतत निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में दकानों और होटलों में रखी मिठाई नष्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं

मुख्यमंत्री बैंक प्रदेश में बढते कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उमा भारती और दिग्विजय सिंह से फोन पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने सभी से उचित सुझाव और सहयोग भी मांगा दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोगों को आवश्यक राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक घर पहुँच सेवा प्रदान करें किसान राहत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों से कृषि संबंधित गतिविधियों में छूट के प्रति क्षेत्रीय एजेंसियों को संवेदनशील बनाने और कृषि उपज कृषि उत्पाद उर्वरक और कृषि उपकरणों एवं मशीनों की आवाजाही की अनुमति देने को कहा